उनकी अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले विभिन्न नेताओं और आम लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज चेन्नई पहुंचकर करुणानिधि के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किये और उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की श्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज एम करूणानिधि को श्रद्वांजलि देने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि देश ने एक अति लोकप्रिय और प्रख्यात जननेता खो दिया है राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडु ने श्री करूणानिधि को याद करते हुए कहा कि डॉ करूणानिधि ने देश और तमिलनाडु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

श्रीमती गांधी ने आज एक बैठक के दौरान कहा कि बच्चों को साइबर स्पेस के खतरों से बचाने के लिए एक वैश्विक गठबंधन बनाने की तुरंत आवश्यकता है जो इंटरनेट से बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री की पहचान कर सके और उन्हें हटा सके

राज्यसभा में कल पहले उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा सूत्रों ने बताया कि अगर जरूरी हुआ तो मत विभाजन कराया जायेगा

इस बीच तेलुगु देशम पार्टी ने श्री हरि प्रसाद को समर्थन देने का फैसला लिया है

श्रीमती राजे ने अपनी गौरव यात्रा के पांचवे दिन आज बांसवाडा जिले में विभिन्न जनसभाओं में कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने नारी शक्ति को पहचान दिलाने के लिए भामाशाह योजना शुरू कर पहली बार महिला को परिवार की मुखिया बनाने का काम किया है

उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत की

इसके लिए उन्होंने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कल सरकारी अवकाश की घोषणा भी की

वे जयपुर में रोड शो कर कांग्रेस के विधानसभा चनाव अभियान की पुरूआत करेंगे प्रदेष कांग्रेस प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि श्री गांधी जयपुर के मोतीड्ंगरी गणेष मंदिर और गोविन्द देवजी मंदिर भी जायेंगे

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी पी जोशी ने बताया कि नगर परिषद सभापति के खिलाफ रिश्वत लेने की लगातार शिकायतें आ रही थी सभापति ने एक व्यक्ति से उसके भू रूपांतरण की मंजूरी के एवज में यह रिश्वत ली थी

सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक अमित लोढा ने बताया कि इन टावर्स में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं

आज नागौर जिले के उढील गांव में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार में बढोतरी हई है श्री पायलट ने इस क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले किसान मंगलचंद के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया

वन विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं